राज्य के झुंझनूं और जैसलमेर को छोडकर सभी जिलों में पहले चरण के तहत मतदान हुआ आज उप सरपंच पद के लिए वोट डाले जायेंगे

कल जयपुर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए श्री पायलट ने कहा कि शेष ग्राम पंचायतों में चुनाव कब होंगे इसका निर्णय चुनाव आयोग को करना है और पंचायती राज विभाग सहयोग करने के लिए पूरी तरह तैयार है

इसके बाद मुख्यमंत्री ने नगरीय विकास विभाग की समीक्षा बैठक भी की जिसमें प्रदेश के प्रमुख शहरों में चल रही परियोजनाओं की प्रगति के बारे में चर्चा हई

दिल्ली की एक अदालत ने इन चारों के खिलाफ नया डेथ वारंट जारी किया इससे पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कल चारों में से एक दोषी मुकेश द्वारा भेजी गयी दया याचिका को खारिज किया था

केंद्रीय पर्यटन मंत्री प्रह्लाद सिंह पटेल ने कल नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में ये जानकारी दी

देशभर के दो हजार से अधिक विद्यार्थी शिक्षक और माता पिता कार्यक्रम में भाग लेंगे श्री मोदी प्रश्नों के उत्तर देंगे और विद्यार्थियों से परीक्षा के तनाव से निपटने के बारे में बातचीत करेंगे अलवर जिले के मालाखेडा की तीन और जैसलमेर जिले की एक बालिका का परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में भाग लेने के लिए चयन हआ है

उन्होंने कार्यक्रम के लिए लोगों से सुझाव भेजने को कहा है

बैठक में स्कूलों एवं आंगनबाड़ी में बच्चों को दिए जा रहे मिड डे मील को फोर्टिफाइड करने और सचिवालय सहित अन्य कार्यालयों एवं संस्थानों को ईट राइट कैम्पस के रूप में बदलने का निर्णय लिया गया

जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर में डॉ प्रवीण चन्द्र त्रिवेदी और राजऋषि भर्तृहारे मत्स्य विश्वविद्यालय अलवर में प्रो जगदीश प्रसाद यादव को तीन वर्ष के लिए कुलपति नियुक्त किया गया है